् सीबीआई की लखनऊ स्थित विशेष अदालत ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सभी आरोपियों को किया बरी

महात्मा गांधी की डेढ सौंवीं जयंती के अवसर पर विशेष श्रंखला में हम बुलेटिन का आरंभ बापू की बात से कर रहे हैं महात्मा गांधी ने एक प्रार्थनासभा के बाद अपने संबोधन में ग्रामीण विकास के बारे में चर्चा की थी

दौरे के दौरान श्री गोयल प्रभुद्व व्यक्तियों से संवाद करेंगे वे केन्द्र सरकार द्वारा किसानों के सशक्तिकरण के लिए उठाये गये कदमों पर एक संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ सतीश पूनियां ने फेसबुक लाइव के माध्यम से किसान कल्याण सम्पर्क अभियान का शुभारंभ किया डॉ पूनिया ने इन कानूर्नो के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि किसानों को मजबृत करने और उनकी आय बढाने के लिए ये विधेयक बहत जरूरी हैं उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी रहेगी विपक्षी दल केवल लोगों में भ्रम फैला रहे हैं

पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों को तबादले का भय दिखाकर उनसे वसुली की जा रही है

लेकिन वे मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में काम करते रहेंगे कार्मिक विभाग ने आज श्री गुप्ता को आगामी एक साल के लिए मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्ति संबंधी आदेश जारी किए मीडिया से बातचीत में श्री ग्रप्ता ने बताया कि उन्हें मुख्यरूप से कृषि सहकारिता डेयरी पशुपालन संबंधी महकमों के काम देखने को कहा गया है वहीं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक आलोक त्रिपाठी भी आज सेवानिवत्त हो गए उन्हें आईपीएस एसोसिएशन ने आज पुलिस मुख्यालय में विदाई दी श्री त्रिपाठी को पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर विदा किया

साथ ही उन्होंने निजी कार्यालयों को भी नो मास्क नो एन्ट्री का पालन करने के निर्देश दिये

सवाईमाधोपुर में कलेक्टर नन्नू मल पहाड़िया ने नो मास्क नो एंट्री स्टीकर का विमोचन किया करौली में भी नो मास्क नो एन्ट्री पोस्टर का विमोचन हुआ साथ ही पुलिस की ओर से आमजन को जागरुक करने के लिए रैली निकाली गई

सोमवार से और संचालित की जाने वाली बसों की समय सारिणी तथा ऑनलाईन टिकिट राजस्थान रोडवेज की वेबसाईट पर तीन अक्टूबर से उपलब्ध करवा दी जायेगी

इस बारे में शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने आदेश जारी किये हैं

सीबीआई विशेष अदालत के न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार यादव ने कहा कि विध्वंस की घटना अचानक हुई और सीबीआई की ओर से लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने के लिए पुख्ता प्रमाण नहीं मिले अपना फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश ने कहा कि विध्वंस का काम कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया था और आरोपियों से उनका कोई संबंध नहीं था आरोपी खुद भीड को शांत करने का प्रयास कर रहे थे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी मुरली मनोहर जोशी सहित विभिन्न नेताओं ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अदालत के आज के फैसले को सत्य और न्याय की जीत बताया

प्रधानमंत्री ने इस हादसे के बारे में योगी आदित्यनाथ से बात की मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी कि इस घटना के सभी चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले की सुनवाई त्वरित न्यायालय में की जाएगी इस बीच राजस्थान में इस घटना को लेकर कुछ स्थानों पर प्रदर्शन हुआ है

टोंक में इस घटना के आरोपियों को सज़ा दिलाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिला कलेक्ट्रट को सौंपा गया बांसवाडा में घटना के विरोध मे कैंडल मार्च निकाला गया

एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए यह पहल की है इस सम्बन्ध में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेजा था